गडकरी सड़क सुरक्षा केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस वर्ष मार्च के अंत तक प्रतिदिन चालीस किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्यय हासिल कर लिया जाएगा उन्होंने बताया कि सरकार प्रतिदिन तीस किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्यय हासिल चुकी है आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उदघाटन करने के बाद श्री गडकरी ने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में चार सौ से ज्यादा लोगों की प्रतिदिन मौत हो जाती है उन्होंने कहा कि सरकार सड़क तकनीक और मानकों को लागू करके सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्व हैं

सभी हितधारकों से सड़क सुरक्षा तकनीक के सुधार में सहयोग की अपील करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि लोगों के जीवन के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा

इस मौके पर श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता आत्मनिर्भरता को लेकर है आत्मनिर्भरता से ही भारत विश्व ग्रु बन सकता है उन्होंने कहा कि किताबी ज्ञान के अलावा भारत भारती आवासीय विद्यालय में आत्मनिर्भरता के प्रकल्प चल रहे हैं